कार्यक्रम में प्रसवपूर्व देखभाल इस्टतम स्तनपान बालिका शिक्षा शादी की सही उम्र स्वच्छता और खाद्य पोषण सहित विभिन्न मुद्दों पर जागरुकता दी गई ईटानगर में शहरी आई सी डी एस परियोजना ने कार्यक्रम की शुरुआत के तहत पोषण रैली का आयोजन किया

मंत्री ने राजगड़ अली से सर्किट हाउस तक सीमेंट कंक्रीट रोड और स्ट्रीट लाईट का भी निरीक्षण किया

सांसद मुकुट मिथि ने शनिवार को रोइंग में एक समारोह में इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक आई पी पी बी शाखा का उदघाटन किया श्री मिथि ने आशा व्यक्त की कि आई पी पी बी ग्रामीण इलाकों के लोगों की बैकिंग जरुरतों को पूरा करेगी जहा बैंकिंग सुविधाओं का आसानी से पहूंच नहीं है लोअर दिवांग वैली जिला उपायुक्त मिताली नामचूम ने कहा कि चूंकि बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण के माध्यम से सभी भुगतान छात्र वृत्ती और लाभ दिये जाते है इसलिए आई पी पी बी उन लोगों के लिए सहायक होगी जहा बैंकिंग सुविधाएं नहीं है नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने किसान क्लबों के सदस्यों को उच्च फसल उपज के लिए खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की सलाह दी चांगलांग जिले के दीयुण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों क्लबों के सदस्यों को संबोधित करते हुए रॉय ने किसानों को सलाह दी कि वे कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से उचित तकनीक को अपनाने और समस्याओं का समाधान ढ्रंढे की सलाह दी विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मॉनिटरिंग कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्कूलों में साफ सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रगति की है यह विश्व संस्था पेयजल साफ सफाई और सवच्छता के क्षेत्र में अर्राष्ट्रीय प्रगति की उन्नीस सौ नब्बे से समीक्षा कर रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दो हजार से दो हजार सोलह के बीच भारत मे ऎसे स्कूलों की संख्या तेजी से कम हुई है जहा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी इस दिशा में हुई प्रगति खुले में शौच में हुई कमी से भी बेहतर रही है रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दो हजार सोलह तक भारत के लगभग सभी स्कूलों में साफ सफाई की किसी न किसी तरह की सुविधाए उपलब्ध हो चुकी थी जबकि दस साल पहले देश के पचास प्रतिशत स्कूलों में एसी कोई सुविधा नहीं थी इस अवधि में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों की संख्या वर्ष दो हजार में पैतीस करोड़ बीस लाख थी जो दो हजार सोलह में बढ़कर सैतीस करोड़ अस्सी लाख़ हो गई असम सरकार राज्य के शिवसागर जिले मे दिखोब नदी में शनिवार को ड्रबी कार और उसमें सवार एक ही परिवार के पांच सदस्यों की खोज और बचाव के अभियान में जुट गयी है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत की है भारतीय नौसेना के गोताखोरों का एक दल घटना स्थल पर पहूंच गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दस्ते लापता हुए परिवार के बचाव और खोज के काम में मदद कर रहे है अंजाव जिला प्रशासन के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा अध्याय शनिवार को गोयलियांग में आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम का उदघाटन जिला उपायुक्त दागबोम रिबा ने किया

विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान की गई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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया